जयपूर हैरीटेज कोटा उत्तर और जोधपूर उत्तर नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी जयपुर में बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट प्रदेश में पेंशन और लेखा प्रणाली ऑनलाइन हुई सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को पेंशन मंजूरी के लिए पेचीदा औपचारिकताओं से मिलेगी मुक्ति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

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कल इस संबंध में एक आदेश जारी किया सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया है कि विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है

जिन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में संकमण का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है उनके लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्थिति का आंकलन करने और मानक संचालन प्रकिया तथा दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है इन गतिविधियों में स्कूलों कोचिंग संस्थानों राज्यों तथा निजी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलना और शोध कार्य करने वालों के लिए पुस्तकालयों को खोलना भी शामिल है

मुख्यमंत्री ने विधायकों से ये भी आग्रह किया है कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से मिलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं को बिना जरूरी काम के घर से ना निकलने के लिए प्रेरित करें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

मतदान सुबह साढे सात बजे शुरू होकर शाम साढे पांच बजे तक चलेगा इस बीच आज इस चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर वोट डालने की अपील कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेचीदा औपचारिकताओं से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे साथ ही कार्मिकों के वेतन मेडिकल यात्रा बिलों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में भी सुगमता आएगी

हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कल ये ड्राफ्ट मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को सौंपा मुख्य सचिव ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के लागू होने से राज्य की जन कल्याणकारी परियोजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा

बीकानेर जिले में अभियान के तहत मिठाइयों की दुकानों और कोल्ड स्टोरेज पर जांच की कार्यवाही की गई ब्रंदी जिले में छह स्थानों से खाने पीने की चीजों के सैम्पल लिए गए